नये दिशा निर्देशों के अनुसार कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में संबंधित राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों की सरकारों के साथ विचार विमर्श कर चरणबद्व तरीके से विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को खोला जा सकता है यूजीसी ने सप्ताह में छह दिवसीय कार्य और सुरक्षित दूरी रखते हुए विद्यार्थियों की संख्या कम रखकर कक्षाएं शुरू करने की सलाह दी है हालांकि संस्थान की जरूरत के अनुसार प्रतिदिन शिक्षण के घंटे को बढ़ाया जा सकता है नये दिशा निर्देशों के अनुसार सभी शिक्षण संस्थानों को खोलने से पहले केन्द्र या संबंधित राज्य सरकारों को इन शिक्षण संस्थानों को पुनः खोलने के लिए सुरक्षित घोषित करना होगा केन्द्र और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कोरोना संक्रमण के मद्देनजर स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए सभी तरीकों दिशा निर्देशों और आदेशों का इन उच्च शिक्षण संस्थानों को पूरी तरह पालन करना होगा केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि सभी शिक्षण संस्थानों विद्यार्थियों अभिभावकों और इससे जुड़े सभी लोगों के बेहतर भविष्य और जीवन के लिए इन दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा

सभी यात्रियों को निर्धारित यात्रा से कम से कम बहत्तर घंटे पहले संबंधित स्वास्थ्य काउंटर पर पहुंचना होगा या ऑनलाइन पोर्टल पर स्व घोषणा पत्र देना होगा यात्रियों को संबंधित विमानन कंपनियों के माध्यम से एक स्व घोषणा पत्र देना होगा ताकि उन्हें यात्रा करने की अनुमति मिल सके वे चौदह दिनों के लिए अपने घर पर अलग रहकर या स्वयं की निगरानी के लिए सरकारी निर्देशों का पालन करेंगे दस वर्ष या उससे कम उम्र के बच्चे गर्भवती महिलाएं परिवार में किसी की मृत्यु माता पिता की गंभीर बीमारी जैसे कारणों के लिए होम क्वारांटीन की अनुमति दी जा सकती है नेगेटिव आरटी पीसीआर जांच रिपोर्ट देने के साथ ही यात्री होम क्वारंटीन की छूट ले सकते हैं यह जांच यात्रा शुरू करने से पूर्व बहत्तर घंटे पहले की जानी चाहिए

इसके अनुसार आगामी चार जनवरी से शारीरिक दक्षता परीक्षा शुरू होगी रायपुर रेंज के अभ्यर्थियों के लिए चार जनवरी से तीन फरवरी तक बिलासपुर रेंज के अभ्यर्थियों के लिए चार से सोलह जनवरी तक वहीं सरगुजा रेंज के अभ्यर्थियों के लिए चार से बारह जनवरी तक और बस्तर रेंज के लिए चार से उन्नीस जनवरी तक तथा दूर्ग रेंज के अभ्यर्थियों के लिए चार जनवरी से छह फरवरी तक शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी वहीं बीस फरवरी तक चयन सूची भी जारी कर दी जाएगी परीक्षा के लिए प्रत्येक रेंज स्तर पर चौदह नवंबर तक भर्ती समिति का गठन किया जाएगा शारीरिक दक्षता परीक्षा के तहत अभ्यर्थियों को सौ और आठ सौ मीटर दौड़ लंबी कूद ऊंची कूद और गोलाफेंक में भाग लेना होगा गौरतलब है कि पूर्व में एक से पच्चीस अप्रैल तक शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए कार्यक्रम निर्धारित किया गया था लेकिन कोरोना संक्रमण के मद्देनजर इसे स्थगित कर दिया गया था भाजपा प्रशिक्षण कार्यशाला भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई द्वारा आज से राजधानी रायपुर में तीन दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आयोजित इस कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में आज नये सदस्यों को पार्टी की नीतियों के बारे में जानकारी दी गई इसके साथ ही तीन दिनों तक पंच निष्ठा के बारे में जानकारी दी जाएगी इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रशिक्षण वर्ग को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा समुद्ध सशक्त राष्ट्र की सोच रखती है उन्होंने कहा कि पार्टी सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए कार्य करती है वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि इस प्रशिक्षण शिविर का ध्येय केन्द्र के कार्यों को आम जनता तक पहुंचाने के साथ ही कांग्रेस सरकार की नाकामियों को लोगों के सामने लाना है इस मौके पर भाजपा किसान मोर्चा के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष श्याम बिहारी जायसवाल ने पदभार भी ग्रहण किया उन्हें बधाई देते हुए प्रदेश अध्यक्ष श्री साय ने कहा कि किसान मोर्चा को किसानों के हित को लेकर और अधिक कार्य करने की जरूरत है उन्होंने कहा कि मोर्चे के हर कार्यकर्ता को किसानों की आवाज बनना चाहिए गौरतलब है कि पार्टी की भारतीय मंडल प्रशिक्षण शिविर योजना के तहत प्रांतीय प्रशिक्षण विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में करीब दो सौ कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है कार्यशाला में छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक सहित संगठन के वरिष्ठ नेता पवन साय और रामप्रताप सिंह सहित अन्य पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता उपस्थित थे

मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का दल तलाशी अभियान पर निकला था इस दौरान अरनपुर थाना क्षेत्र के कोडासावली नीलवाया मार्ग पर माओवादियों ने जवानों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से तीन और पांच किलो का विस्फोटक लगाया था जिसे सुरक्षा बलों ने बरामद कर मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया इधर राजनांदगांव जिले के मानपुर स्थित बसेली कैम्प में पदस्थ आईटीबीपी के एक जवान की गोली लगने से मौत हो गई फिलहाल मौत के कारणों की जांच की जा रही है लोकवाणी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियोवार्ता लोकवाणी की बारहवीं कड़ी का प्रसारण रविवार आठ नवंबर को होगा मुख्यमंत्री लोकवाणी में इस बार बालक बालिकाओं की पढ़ाई खेलकूद और भविष्य विषय पर प्रदेशवासियों से बातचीत करेंगे इस कार्यक्रम का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्रों और एफ एम रेडियो के अलावा क्षेत्रीय समाचार चैनलों से सुबह साढ़े दस बजे से ग्यारह बजे तक किया जाएगा

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के शहरी क्षेत्रों में लापरवाही की वजह से कोरोना के मामले बढ़े हैं उन्होंने कहा कि त्यौहारों के मौसम में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है केंद्रीय मंत्री ने अगले वर्ष की पहली तिमाही में वैक्सीन बनने का अनुमान लगाते हुए राज्य सरकार से इसकी पहुंच को सुनिश्चित बनाने के लिए कार्ययोजना बनाने के लिए भी कहा इस अवसर पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में कोरोना संबंधित टेस्टिंग क्षमता को बढ़ाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है राज्य सरकार ने प्रदेश के हर मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन यूनिट भी स्थापित किए हैं साथ ही सरकार लोगों को कोरोना से बचाव के बारे में जरूरी उपायों को अपनाने के लिए अभियान भी चला रही है कोरोना जागरूकता छत्तीसगढ़ के जाने माने मूर्तिकार पद्मश्री जेएम नेलसन ने लोगों से कोरोना से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है

कोंडागांव और नारायणपुर जिले में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई के बाद उन्होंने कहा कि यदि किसी महिला को प्रताड़ित किया जाता है या वह घरेलू हिंसा का शिकार होती है तो पीड़ित महिला आयोग में शिकायत कर सकती हैं इस दौरान कोंडागांव जिले के पांच और नारायणपुर जिले के एक प्रकरण पर सुनवाई की गई गौरतलब है कि राज्य महिला आयोग में मुख्य रूप से पारिवारिक विवाद शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न सहित दहेज प्रताड़ना तथा भरण पोषण से संबंधित मामलों की शिकायत पर संज्ञान लिया जाता है राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक और आयोग द्वारा गठित समिति ने आज जगदलपुर में बस्तर जिले की महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई की हज ऑनलाइन आवेदन हज दो हजार इक्कीस के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया कल सात नवंबर से शुरू होगी आवेदन केंद्रीय हज कमेटी की वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है इसके अलावा केन्द्र सरकार के मोबाइल एप्लीकेशन के जरिये भी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है आवेदन की अंतिम तिथि दस दिसंबर निर्धारित की गई है हज यात्रियों की पहली उड़ान छब्बीस जून दो हजार इक्कीस से शुरू होगी वहीं हाजियों की स्वदेश वापसी तीस जुलाई दो हजार इक्कीस से होगी ट्रेन यात्री सुविधा रेलवे द्वारा दुर्ग निजामुद्दीन के बीच तीन फेरों के लिए स्पेशल ट्रेन संचालित की जाएगी यह गाड़ी सात नो और तेरह नवंबर को दुर्ग से रवाना होगी वहीं आठ दस और चौदह नवंबर को यह गाड़ी निजामुद्दीन से दुर्ग के बीच चलेगी इसके अलावा रेल यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सिकंदराबाद सीतामढ़ी के लिए पूजा स्पेशल ट्रेन की सुविधा भी दी गई है इस ट्रेन का परिचालन सिकंदराबाद की ओर से दस नवंबर को किया जाएगा इसके अलावा राजेन्द्र नगर दुर्ग के बीच भी पूजा स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा यह ट्रेन दस नवंबर को राजेन्द्र नगर से और बारह नवंबर को दुर्ग से चलाई जाएगी ईओडब्ल्यू एबीसी कार्रवाई आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो और एंटी करप्शन ब्यूरो के नाम पर ठगी करने वाले तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है इनमें एक बर्खास्त और एक निलंबित पुलिसकर्मी भी शामिल हैं आधिकारिक जानकारी के अनुसार पुलिस विभाग में उप निरीक्षक के पद से बर्खास्त सत्येन्द्र सिंह वर्मा को भाटापारा बलौदाबाजार पुलिस ने वहीं राजेश तराटे को रायपुर की सिविल लाइन पुलिस ने और रायपुर के जिला पुलिस बल के निलंबित सहायक उप निरीक्षक विनोद वर्मा को बलौदाबाजार की कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है बताया जाता है कि सभी आरोपी शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर उन्हें ब्लैकमेल करते थे साथ ही ईओडब्ल्यू और एसीबी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संपर्क का हवाला देकर पीड़ितों से पैसों की वसूली करते थे पुलिस इस मामले में इन आरोपियों के अन्य साथियों और सहयोगियों की भी तलाश कर रही है सिंहदेव प्रवास प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने आज राजनांदगांव और कबीरधाम जिले का दौरा किया इस दौरान उन्होंने राजनांदगांव में बिहान की महिला स्व सहायता समूह द्वारा बनाए जा रहे साबुन दोना पत्तल आचार पापड़ मसाला बैग और अन्य निर्माण से संबंधित गतिविधियों का जायजा लिया इसके अलावा उन्होंने आजीविका परिसर में संचालित मध्मक्खी पालन के कार्य का भी निरीक्षण किया श्री सिंहदेव राजनांदगांव के मल्टी यूटिलिटी सेंटर भी पहुंचे इस दौरान उन्होंने स्व सहायता समूह की सदस्यों से उनके कार्य और उससे होने वाली आय के संबंध में चर्चा की श्री सिंहदेव ने राजनांदगांव में स्थित गौठान का भी अवलोकन किया इस दौरान उन्होंने स्थानीय ग्रामीणों से पशुधन के लिए उपलब्ध सुविधाओं और सुराजी गांव योजना के बारे में जानकारी ली सैनिक स्कूल परीक्षा कृषि विवि प्रदेश के अंबिकापुर स्थित सैनिक स्कूल में कक्षा छठवीं और नवमीं में प्रवेश के लिए परीक्षा आगामी दस जनवरी को आयोजित की जाएगी यह परीक्षा राज्य के रायपुर सरगुजा बिलासपुर रायगढ़ कांकेर और बस्तर में आयोजित होगी प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि उन्नीस नवंबर है प्रवेश पत्र तेईस दिसंबर को जारी किया जाएगा वहीं परीक्षा परिणाम नौ फरवरी को घोषित किए जाएंगे गौरतलब है कि अंग्रेजी माध्यम के इस विद्यालय में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम का अनुसरण किया जाता है विद्यालय का प्रमुख ध्येय है बारहवीं परीक्षा की तैयारी करवाने के साथ साथ बालको का सर्वागीण विकास करना साथ ही राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के अधिकारी वर्ग में प्रवेश के लिए छात्रों को तैयार करना है इधर रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित कृषि उद्यानिकी और कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में प्रबंधन कोटा की सीटों में प्रवेश के लिए काउंसिलिंग की समय सारिणी में संशोधन किया गया है जानकारी के अनुसार बीएससी कृषि और बीएससी उद्यानिकी तथा बीटेक कृषि अभियांत्रिकी के शैक्षणिक सत्र दो हजार बीस इक्कीस के पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसिलिंग प्रक्रिया अब बारह नवंबर से बाईस नवंबर तक आयोजित की जाएगी जिन अभ्यर्थियों ने प्रवेश के लिए पहले आवेदन किया है यदि वे प्रबंधन कोटा के तहत प्रवेश के लिए इच्छुक हैं तो उन्हें भी फिर से ऑनलाइन आवेदन करना होगा अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग शुल्क के रूप में एक हजार और एक सेमेस्टर का शुल्क पचास हजार रूपये जमा करने के साथ ही दस्तावेज अपलोड करना आवश्यक होगा रोजगार सुजन कार्यक्रम प्रधानमंत्री रोजगार सुजन कार्यक्रम और मुख्यमंत्री युवा स्व रोजगार योजना के तहत आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं आवेदन पत्र रायपुर के उद्योग भवन से कार्यालयीन समय में प्राप्त किए जा सकते हैं गौरतलब है कि युवाओं को उद्योग सेवा और अपना व्यवसाय शुरू करने तथा आर्थिक दुष्टि से आत्मनिर्भर बनाने के लिए इन योजनाओं को शुरू किया गया है इसके तहत अधिकतम पच्चीस लाख रूपये तक का कर्ज बैंकों के माध्यम से दिलाया जाता है मौसम और अब पेश है मौसम का हाल प्रदेश में ठंड ने दस्तक दे दी है राज्य में उत्तर से शुष्क और ठंडी हवाओं का आना लगातार जारी है इससे तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आगामी आठ नवंबर तक तापमान में कमी आने की संभावना है संक्षिप्त समाचार अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में आज आयकर विभाग की टीम ने विभिन्न विज्ञापन एजेंसियों के भोपाल रायपुर और बिलासपुर स्थित संस्थानों में छापा मारा कांग्रेस द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा पारित कृषि कानूनों के विरोध में कल सात नवंबर को प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली को स्थगित कर दिया गया है कृषि सुधार विधेयक के विरोध में राजनांदगांव जिले के किसानों ने शहर के पर्रीनाला तिराहे के पास चक्काजाम किया बाद में तहसीलदार को राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गरियाबंद के पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने दूरदराज से आने वाले फरियादियों के लिए सभी थानों में अलग से कक्ष बनाने के निर्देश दिए हैं दुर्ग जिले की जामुल थाना पुलिस ने बैंक से फर्जी तरीके से पैसा ट्रांसफर करने के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है